गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अब समय आ गया है कि भारत दुनिया का प्रतिनिधित्व करें उन्होंने कहा कि देश की सीमा सुरक्षा के साथ ही आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है

उन्होंने कहा कि आंतरिक सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिये राज्यों की पुलिस और गृह मंत्रालय को आपसी सहयोग करना चाहिये उन्होंने कहा कि जवान देश की आंतरिक सुरक्षा के लिये अपना सर्वोच्च बलिदान देते हैं हमें उनकी बेहतर छवि आम लोगों के बीच प्रस्तुत करनी चाहिये गृहमंत्री ने पुलिस बल के बारे में लोगों की सोच बदलने की आवश्यकता पर बल दिया ग्रहमंत्री ने कहा कि सरकार सीआरपीसी आईपीसी के बाद आर्म्स एक्ट और नारकोटिक एक्ट्स में भी बड़े परिवर्तन क रही है

उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था की बेहतरी के लिये प्रदेश की योगी सरकार द्वारा उठाये गये कदमों की सराहना की

विभिन्न राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पुलिस अधीक्षक से लेकर महानिदेशक स्तर के पलिस अधिकारियों ने सम्मेलन में हिस्सा लिया उत्तर प्रदेश पुलिस ने गृह मंत्रालय और पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के साथ मिलकर सम्मेलन का आयोजन किया पुलिस के अलावा सीबीआई सीआरपी एफ और बीएसएफ जैसी दूसरी केन्द्रीय एजेंसियां और शिक्षाविद् न्यायिक और फोरेंसिक विशेषज्ञ भी इस आयोजन में शामिल हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कल कानपुर के एक दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं कानपुर में राष्ट्रपति के तीन कार्यक्रम प्रस्तावित है वह छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय के एल्यूमिनाई मीट में शिरकत करेंगे

राष्ट्रपति का तीसरा कार्यक्रम नगर निगम सभागार में होगा इस दौरान राष्ट्रपति के स्वागत के लिये राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर में मौजूद रहेंगे और कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे कानपुर नगर के अपर पुलिस अधीक्षक अनन्त देव तिवारी ने बताया कि राष्ट्रपति के कार्यक्रमों के मद्देनजर सुरक्षा की विशेष व्यवस्था रहेगी सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि प्रसार भारती आकाशवाणी और दूरदर्शन के जरिये सम्बद्ध मंत्रालयों क साथ तालमेल कायम करके केन्द्र सरकार के सभी कार्यक्रमों और उनसे संबंधित विभिन्न पहलुओं का प्रचार प्रसार करता है आज लोकसभा में पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्री जावड़ेकर ने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार सूचना और प्रसारण मंत्रालय क सभी मीडिया इकाईयों के माध्यम से किया जाता है बाइट सरकारी योजना जो जन कल्याण की है उसका सही लाभार्थियों तक और सबको जानकारी हो इसके लिए विभिन्न प्रकार से कार्यक्रम भी होते हैं और सभी प्रकार के इश्तहार दिए जाते हैं मूल मुद्दा उसमें लोक शिक्षण होता है सूचना और प्रसारण मंत्री ने बताया कि पत्र सूचना कार्यालय द्वारा सरकार के महत्वपूर्ण निर्णयों और प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी सरकार ने आज कहा कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रतिमाओं के नदियों और तालाबों में विसर्जन से संबंधित पर्यावरण संबंधी मसलों के समाधान के लिए मौजूदा दिशा निर्देशों की समीक्षा करके उन्हें अधिक कारगर बनाने का फैसला किया है लोकसभा में प्रश्नों के उत्तर में पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने यह जानकारी दी पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज कहा कि सरकार जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत राष्ट्रीय तटीय मिशन शुरू करने पर विचार कर रही है लोकसभा में श्री जावड़ेकर ने बताया कि इस मिशन का उद्देश्य तटीय और समुद्री पारिस्थितिकीय तंत्र बुनियादी ढांचे तथा तटीय क्षेत्रों में समुदायों पर जलवायु परिवर्तन से पड़ने वाले प्रभाव का समाधान करना है श्री जावड़ेकर ने बताया कि गुजरात ओडीसा और पश्चिम बंगाल के चिन्हित तटीय क्षेत्रों में ये परियोजना लागू की जा चुकी है

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलाधिकारियों को आंधी तूफान तथा अतिवृष्टि से प्रभावित लोगों को अविलम्ब राहत पहुचाने के निर्देश दिये है उन्होंने कहा कि प्रभावित जनपदों के अधिकारी न्कसान का आंकलन करके प्रभावितों को तत्काल मुआवजा प्रदान करे

मुख्यमंत्री ने अपर मुख्य सचिव राजस्व को राहत काया के संबंध में प्रभावित जनपदों की मॉनीटरिंग कर दैनिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिये हैं

पीलीभीत जनपद के गजरौला थाना क्षेत्र में कल रात एक सड़क दुर्घटना में पांच लोगों की मौत हो गई जिसमें तीन बच्चे भी शामिल है दुर्घटना में पांच लोग घायल हो गये हैं जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है यह हादसा उस समय हुआ जब कार सवार पीलीभीत में एक शादी समारोह में शामिल होकर लौट रहे थे इसी दौरान रास्ते में कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीलीभीत में हुई इस सड़क दुर्घटना में लोगों की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया है मुख्यमंत्री ने अधिकारिया को घायलों के समुचित उपचार के निर्देश दिये हैं उधर आगरा में हुए दो अलग अलग सड़क हादसों में छह लोगों की मौत हो गई और ग्यारह अन्य गंभीर रूप से घायल हो गये वहीं मुजफ्फरनगर में विभिन्न सड़क हादसों में एक ही परिवार के तीन लोगों सहित छह लोगों की मौत हो गई केन्द्र सरकार ने कहा है कि वह देश की डाटा संप्रभुता पर आंच नहीं आने देगी और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफार्म पर उपलब्ध सूचनाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है राज्यसभा में कल व्हाट्सएप के माध्यम से कुछ लोगों के फोन डाटा खुफिया तौर पर हासिल करने के लिए स्पाईवेयर पेगासस के कथित इस्तेमाल पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जवाब में केन्द्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने यह बात कही उन्होंने सदन को बताया कि इस बारे में अब तक एक भी एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई है श्री प्रसाद ने कहा कि इस मामले में उनके मंत्रालय को कोइ शिकायत भी नहीं मिली है

इस संबंध में आज लखनऊ में राज्य मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता प्रदेश के चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण मातृ एवं शिश् कल्याण मंत्री जय प्रताप सिंह ने की

इसके अगले चरण की सफलता के लिये प्रदेश भर में कार्यशालाओं और जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है प्रमुख सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण देवेश चतुर्वेदी ने बताया कि मिशन इन्द्रधनुष के तहत नब्बे प्रतिशत से अधिक बच्चों के नियमित टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है जिसके लिये दूर दराज के क्षेत्रों में टीकाकरण से छूटे हुए बच्चों को भी शामिल किया जायेगा उन्होंने बताया कि प्रदेश में चार चरणों में यह कार्यक्रम चलाया जाना प्रस्तावित है राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि स्वदेशी और स्वराज महात्मा गांधी का मूल मंत्र है स्वतंत्रता आन्दोलन के दौरान स्वदेशी ने ग्रामीण जनता में स्वाभिमान जगाया कुशीनगर जिले के एक कॉलेज में महात्मा गांधी को एक सौ पचासवीं जयन्ती के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित करते हुए श्री मिश्र ने कहा कि भारत में गांव लोकतंत्र की आधारशिला है गांव के विकास से ही राष्ट्र का विकास संभव है संगोष्ठी को संबोधित करते हुए प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र और प्रदश सरकार द्वारा गांवों के विकास के लिये अनेक योजनाएं चलाई जा रही है इस अवसर पर श्री मौर्य ने जिले की छाछठ परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया